मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दिल्ली जा रहे हैं वे दिल्ली में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर वरिष्ठ नेता एके एंटोनी से चर्चा करेंगे कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं उनकी वहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बातचीत होगी कमलनाथ के दिल्ली से लौटते ही एक दो दिन में मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा सूत्रों से खबर है कि इसके बाद कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों को अंतिम अनुमोदन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे उधर विधानसभा चुनाव में मिली करीबी हार की समीक्षा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे

इस दिन पूरे प्रदेष में अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जायेगी राज्य सरकार ने सभी विभागों संभागायुक्तों और कलेक्टरों को जारी आदेश में जिला स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर सम्मान प्रकट करते हुए सुशासन की शपथ लेने को कहा है और साथ ही कार्यक्रम में जिले के सभी जन प्रतिनिधि और शासकीय अधिकारियों को शामिल होने के लिये आमंत्रित करने के भी निर्देश दिये हैं इस दौरान उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचरियों को सम्मानित किया जायेगा सूचना का अधिकार लोक सेवाओं की गारंटी सीएम हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन जन सुनवाई स्वच्छता और लोगों के सशक्तिकरण के लिये बनाये गये अन्य अधिनियम और व्यवस्थाओं के संबंध में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर चर्चा और स्कूल कॉलेजों में पर्यावरण ऊर्जा पानी बचाओ एवं स्वस्थ समाज जैसे सुशासन में सहायक विषयों पर संगोष्ठी भी आयोजित की जायेंगी

कल नई दिल्ली में श्री ओराम ने कहा कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे इनमें स्थानीय कला और संस्कृति के अलावा खेल प्रशिक्षण और कौशल विकास की विशेष सुविधाएं होंगी उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना से जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक क्षमता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा पुलिस सम्मेलन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का तीन दिन का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आज गुजरात के नर्मदा जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास शुरू हो रहा है गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे सरकारी सुत्रों ने अहमदाबाद में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में भाग लेंगे जो कल से दो दिन की यात्रा पर गुजरात जा रहे हैं सम्मेलन में जम्मू कश्मीर हिंसा सीमापार आतंकवाद और युवाओं को कट्टरवादी बनाने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी फिल्म महोत्सव प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टपरा टॉकीज सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं महोत्सव में मुंबई से आए कलाकारों ने अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया भारतीय फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियां देखने कई लोग यहां आ रहे हैं

मौसम प्रदेश में पिछले छह दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग ने अभी दो तीन दिन सर्दी के और बढ़ने की संभावना जताई है विभाग के अनुसार उत्तर की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है राजधानी भोपाल में भी शीतलहर चलने से पारा कल रात सामान्य से पांच डिग्री लुढ़क गया कल रात का तापमान छह दशमलव दो डिग्री दर्ज किया गया ऐसी ही ठंड राज्य के अन्य शहरों में भी पड़ रही है प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया खजुराहों में तीन दतिया ग्वालियर में चार चार बैतूल में चार दशमलव पांच गुना और उज्जैन में पांच पांच डिग्री सेल्सियस तापमान रहा

शिवपुरी जिले में विधिक जागरूकता शिविर के तहत छात्र छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई बैतूल जिले में देर रात बैतूल इंदौर हाईवे पर गढ़ाग्राम के पास एक कार के खड़ी टेक्टर ट्राली से टकरा जाने पर दो व्यक्तियों की मौत हो गई